एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह कार्यबल प्रदेश के सभी जिलों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के संबंध में जानकारी देगा

पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टूडे पर्यटन अवार्ड समारोह में तीन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग को सर्वश्रेष्ठ साहसिक गंतव्य किन्नौर जिले के सांगला को सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी गंतव्य और सड़क श्रेणी में शिमला जिस्पा मार्ग को सर्वश्रेष्ठ सुरम्य सड़क के लिए चुना गया राज्य को तीनों ही श्रेणियों में द्वितीय पुरस्कार मिले हैं केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे एलफोन्स से उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन ने यह पुरस्कार प्राप्त किए

वहीं योजना के तहत पहली किस्त के रूप में दो हजार रुपये की राशि मिलने से ज़िले के किसान बेहद खुश हैं शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अगले माह होने वाली दसवीं और जमा दो परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड़ कर दिए हैं बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार विद्यार्थी इसे बोर्ड की वैबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जबकि लाहौल स्पीति जिले की ऊची चोटियों पर रूक रूककर हिमपात का कम जारी है किन्नौर और कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर भी बीती रात हल्की बर्फबारी हुई है धर्मशाला से हमारे प्रतिनिध ने बताया कि कांगड़ा जिले के कुछ स्थानों पर सुबह से हल्की वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने आज निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर मंत्रिमंडल की बैठक और इन्वेस्टर मीट से जुड़ी खबरों को आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है चुनाव से पहले बरसीं सौगातें जयराम सरकार ने खोले पीडब्ल्यूडी आईपीएच के कई दफतर

हिमाचल दस्तक लिखता है डिमोट हो चुके पूर्व सैनिक सरकार ने फिर प्रमोट किए दिव्य हिमाचल ने खबर दी है हिमाचल को हिमकेयर पर्यटन के लिए पुरस्कार स्पीति में ग्लेशियर गिरा शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है

कुल्लू के जिंदी गांव में हुए अग्निकांड की खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है एक नजर संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में मंडी जिला का नाम बदले जाने पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि हिमाचली संस्कृति के केंद्र में मंडी को हमेशा सम्मानित दृष्टि से देखा गया है ऐसे में नए अलंकरण की जरूरत क्यों है शीर्षक है मंडी सिर्फ नाम भर नहीं सफलता के लिए जज्बा शीर्षक से दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है हिमाचल को प्रकृति ने खूब इनायत बख्शी है लेकिन यहां कई प्राकृतिक जड़ी बूटियां ध्यान न देने से बर्बाद रही हैं जिन पर थोड़ी सी मेहनत कर इन्हें स्वरोजगार का बेहतर साधन बनाया जा सकता है